मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला से इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर पश्पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहेंगे पहचान पत्र मिलने से पश्ओं को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकेगा

उन्होंने कहा कि सदन के खाते में पैसे आने के बाद गौसदन संचालक इसे पशुओं के चारे और गौसदन से संबंधित कार्यों पर खर्च कर सकेंगे उल्लेखनीय है कि हाल ही में मंत्रिमण्डल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी आत्मनिर्भर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और गामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है

इस अवसर पर आज सुबह आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम बहजन भाषा संस्कृत भाषा का प्रसारण किया गया केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत में अपने विशेष संदेश में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम व अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने ट्वीट संदेश में समस्त देशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पवित्र पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब इन संक्रमितों का आंकड़ा दो हजार सात सौ तीन के पास पहुंच गया है

वन मंत्री वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि वन रक्षकों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मामले पर एक पॉलिसी लाई जाएगी मंत्री बनने के बाद कल पहली बार हमीरपुर पहुंचे राकेश पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिये राज्यभर में एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और ऐसे बच्चों की तलाश की जाएगी जो मजबूरियों के कारण अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रह जाते हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है राशन डिपुओं में मिल रहा घटिया नमक आयोडीन की मात्रा नाममात्र आशा वर्करों के सर्वे में हुआ खुलासा अमर उजाला का शीर्षक है रावी में नारियल विसर्जन के साथ मिंजर मेला सम्पन्न आपका फैसला के शब्द हैं रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ मिंजर मेले का समापन प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है पुरानी पद्धति बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की प्रिंटिंग की शुरू दिव्य हिमाचल ने लिखा है नई पंचायतें बनाने का दांव खेलेगी सरकार चुनावों से पहले सोलन पालमपुर मंडी को नगर निगम बनाने की भी है प्लानिंग

आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर अमर उजाला की खबर है कोरोना काल में सूचना देने में देरी होने पर कार्रवाई नहीं